मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सोलह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें सबसे अहम रक्षा गलियारे के लिये जमीनों की खरीद शुरू करने का मामला है सरकार ने रक्षा गलियारे के लिये पांच हजार एक सौ पच्चीस हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली है जिसकी खरीद का काम इस माह शुरू कर दिया जायेगा और अगले दो महीने के भीतर रक्षा उत्पाद के लिये उद्योग स्थापित करने वाली कम्पनियों को खरीद मूल्य पर यह जमीन दे दी जायेगी इसके अलावा मंत्रिमंडल को बैठक में पुलिस कर्मियों के वर्दी भत्ते को बढ़ाये जाने को भी मंजूरी दी गई सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि तृतीय श्रेणी पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता दो हजार दो सौ पचास रूपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये कर दिया गया है सरकार प्राथमिक स्कूलों में किशोर युवतियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये अब उन्हें ताजा पका हुआ भोजन भी मुहैया करायगी हाल में हुए एक सर्वेक्षण में सरकार ने पाया कि प्रदेश में दस से चौदह आयु वर्ग की लगभग पांच लाख किशोर युवतियां स्कूल नहीं जाती है इन्हें सशक्त करने और स्कूलों से जोड़ने के लिये विभिन्न पौष्टिक पदार्थ खाने में दिये जाने की योजना को मंजूरी दी गई है इसमें काला चना और घी भी शामिल है इसके साथ ही जेवर में अतंर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिये पन्द्रह सौ करोड़ रूपये की धनराशि दिये जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग करने का भी फैसला लिया है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि वैश्विक अर्थ व्यवस्था में व्यापार बाधाएं कम करन की जरूरत है

उन्होंने सीमाएं खोलने की वकालत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापार करना आज की अर्थ व्यवस्था की अनिवार्यता है श्री जेटली ने विश्वभर में सीमा शुल्क विवादों पर बढ़ती चिंता के बीच यह टिप्प्णी की

यह राशि मौजूदा पंचवर्षीय योजना में निवेश के लिए निर्धारित राशी से दोगुनी है

देश में निर्मित इस ट्रेन का संचालन शुरू होने पर यह देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन होगी

इस ट्रेन में दोनों सिरों पर ड्राइवर के केबिन बने हुए हैं और यह अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद वहीं से दूसरी दिशा में घ्म सकती है ट्रेन में ब्रेक लगाने की अति उन्नत प्रणाली है जिससे बिजली की बचत होती है प्रदेश सरकार ने वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में विशिष्ट योगदान करने वाले अंशकालिक शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है इस याजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रत्येक मंडल से एक शिक्षक का चयन किया जायेगा

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा वित्तविहीन शिक्षकगण के लिये पन्द्रह वर्ष के नियमित शिक्षण का अनुभव तथा प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यो के लिये बीस वर्ष का नियमित शिक्षण का अन्भव आवश्यक होगा अध्यापकों के चयन के लिये मंडल और राज्य स्तर पर समिति का गठन होगा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

आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है

इसका उद्देश्य दिव्यांगों के हितों को रक्षा करना और समाज में हर वर्ग के दिव्यांगों की बेहतरी के लिए जागरूकता पैदा करना है इस वर्ष का विषय है दिव्यांगों को सशक्त बनाने सहित उन्हें बराबरी का हक दिलाना लखनऊ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि दिव्यांगजनों के शरीर में एक कमी होती है तो उनमें अतिरिक्त रूप से कोई न कोई विशेषता होती है उन विशेषताओं को पहचान कर दिव्यांगजनों को मार्ग दर्शन की आवश्यकता है श्री नाईक ने कहा कि जो मेहनत से आगे बढ़ता है भाग्य भी उसी का साथ देता है इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों और छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये गये मेरठ में सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किये अमरोहा में दिव्यांग बच्चों के लिये बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जिलास्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया मथुरा में हौसलों की उड़ान कार्यक्रम में दिव्यांगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया उधर झांसी में अपनी मांगों को लेकर दिव्यांगजनों ने धरना दिया

दिव्यांगजनों ने कहा कि उनका उत्पीड़न करने के मामलों में शीघ्र प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए प्रदेश सरकार ने बुलन्दशहर में आज हुई हिंसक घटना में एक पुलिस निरीक्षक तथा एक व्यक्ति की मौत के मामले में विशेष जांच प्रकोष्ठ एसआईटी से जांच कराने का आदेश दिया है इसके साथ ही इस मामले की जांच अपर महानिदेशक खुफिया प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी गौरतलब है कि स्याना थाना अन्तर्गत आज आक्रोशित भीड़ द्वारा पुलिस पर हमले की घटना में पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह की मौत हो गई आक्रोशित भीड़ गोकशी के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था आनन्द कुमार ने आज लखनऊ में बताया कि स्याना क्षेत्र के महाव गांव में गौवंश के अवशेष मिलने पर आक्रोशित लोगों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया गया और वह तस्करों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे भीड़ को तितर बितर करने के लिए पूलिस ने हवा में फायरिंग की जिस पर आक्रोशित भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया जिसमें स्याना कोतवाली प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गये और अस्पताल में उनकी मौत हो गई उन्होंने बताया कि इस संबंध में गौवंश के अवशेष मिलने की घटना को लेकर एक पाथमिकी दर्ज कर ली गई है इन झड़पों में पुलिस के एक क्षेत्राधिकारी सहित पांच से छह पुलिस वालों और कुछ ग्रामीणों के भी घायल होने की खबर है उन्होंने कहा कि जिले में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है स्थिति अब नियंत्रण में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह तथा ग्रामीण सुमित की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा है कि महिला पत्रकारों को पुरूषों से ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है श्री शुक्ला लखनऊ में आज हेमलता त्रिपाठी द्वारा रचित कृति यह आसमा गुड़िया का नामक एक पुस्तिका का विमोचन कर रहे थे उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की महती आवश्यकता है कार्यक्रम को श्रीराम जन्म भूमि अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दासजी महाराज ने भी संबोधित किया इस अवसर पर राजेश विक्रान्त सौरभ ओमर अरविन्द राही और मनोज पाण्डेय मौजूद रहे राष्ट्रीय समता पार्टी सेकलर के प्रदेश अध्यक्ष के के त्रिपाठी ने गन्ने का समर्थन मूल्य तीन सौ पचास रूपये प्रति कुन्तल करने की मांग की है उन्होंने आरोप लगाया कि गन्ना मिल मालिक किसानों से गन्ना कम दरों पर खरीद रहे हैं जिसके कारण किसानों की हालत बद्त्तर होती जा रही ह